हमीरपुर जिला का जनमंच नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरा में सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होगा शिमला जिला का जनमंच ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड नारकण्डा के अन्तर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वीरगढ़ में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे बिलासपुर जिला का जनमंच झण्डुता विधान सभा क्षेत्र के पंचायत घर कलोल में आयोजित किया जा रहा है कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा जनमंच की अध्यक्षता करेंगे मंडी जिला के सलापड़ में आयोजित होने वाले जनमंच की अध्यक्षता उद्योग मंत्री विक्रम सिंह करेंगे प्रदेश के विभिन्न जिलों में पंचायत उप चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का दौर जारी है

नगर परिषद नालागढ़ तथा सोलन के लिए कल एक एक नामांकन प्राप्त हुआ

सोलन जिला में मादक द्रव्यों के सेवन व मदिरा व्यसन पर रोक के लिए विशेष अभियान की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कल उपायुक्त केसी चमन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई

उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से युवाओं अभिमावकों तथा समाज के विभिन्न वर्गों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिंकाश स्थानों पर आज बादल छाये हुए हैं राज्य के उंचाई वाले क्षेत्रों में कल रात हल्का हिमपात हुआ जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति व किन्नौर में हल्के हिमपात का समाचार है मौसम विभाग ने आज व कल उंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में लगेगा ट्रेन के पहिये एक्सल बनाने वाला देश का पहला निजी उद्योग दैनिक भास्कर के शब्द हैं प्रदेश में लगेगा नार्थ इंडिया का पहला फोर्जिंग प्लांट बनेंगे ट्रेन के पहिये पंजाब केसरी की सुर्खी है इन्वैस्टर मीट की बैठकों में नहीं बुलाए अनुराग उद्योग मंत्री विकम ने माना सरकार से चूक हुई दिव्य हिमाचल लिखता है इन्वेस्टर मीट के लिए अफसरों की छुटि्टयां रद्द

आपका फैसला केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखता है इन्वेस्टर मीट के माध्यम से आएगा निवेश हिमाचल दस्तक की एक खबर है उच्च शिक्षा को मुख्यमंत्री दिलाएंगे सस्ता लोन पंजाब केसरी का शीर्षक है लाहौल स्पिति को लद्दाख में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा द्वारा लिखे पत्र का दिया जवाब अखबार की एक अन्य सुर्खी है प्रदेश में बीएड करना हुआ मंहगा बढ़ी फीस दिव्य हिमाचल की एक खबर है गोल्डन गर्ल सीमा पांच हजार मीटर रेस की नेशनल चैं पियन मंडी के चौंतड़ा बौद्ध मठ की विदेशी फंडिग पर केंद्र की रोक शीर्षक से अमर उजाला लिखता है एफसीआरए के तहत कानून की अवहेलना पर जोंग्सर इंस्टीट्यूट का रद्द किया पंजीकरण